इस संधोधन से किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के उद्देश्य से आधार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि संसद से पारित किसी कानून के तरह ऐसा अधिनियमित न किया जाए बैठक के बाद केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी उद्योग को लगभग सात हजार नौ सौ से दस हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपए तक एक उदार ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे चीनी उद्योग को मौजूदा पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी ब्याज में सात से दस प्रतिशत छूट की लागत सरकार वहन करेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित एम्स को विश्वस्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में तब्दील करने के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मरीज की देखभाल शिक्षण अनुसंधान प्रवेश और समर्थन सेवाओं को संगठित कर एम्स के बुनियादी ढांचे को फिर से विकास करने का मास्टर प्लान में प्रस्ताव दिया गया है वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका साचन ने एक सौ तैतीस सीआरपीसी धारा के अंतर्गत जिले में हॉऊसी लॉटरी और अन्य जुआ से जूड़े गतिविधियों को बैंड कर दिया है व्यक्तिगत तौर पर और गैर सरकारी संगठनों का लॉटरी और हाऊसी टीकट बेचने के रिपोर्ट मिलने के बाद जिला उपायुक्त ने यह बैंड घोषित किया है खबर के मुताबिक आलो टाऊन के हर गली नुक्कर में मोबाइल फोन के जरिए अवैध रुप से हाऊसी खेला जा रहा है जिला उपायुक्त ने कहा कि ऐसी गतिविधिया अरुणाचल प्रदेश जुआ अधिनियम के अंतर्गत निषेद करार दिया गया है लोअर सुबनसिरी के ग्याती ताका जनरल अस्पताल को पावर ग्रीड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ऐंबुलेंस भेंट की सहायक उपायुक्त गोम्बू सेरिंग ने जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ तागे कानो को अतिरिक्त जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में एम्बुलेंस को सौंपा तवांग में गुरुवार से सशस्त्र सीमा बल के सड़सठवां बटालियन ने तीन दिवसीय सिविल एक्शन कार्यक्रम का आगाज किया कार्यक्रम में एस एस बी के चिकित्सा और पशु चिकित्सा डॉक्टर अपनी सेवा देंगे साथ ही सौ उर्जा और सरकारी स्कूलों को शिक्षण सामग्री भी वितरित किया जा रहा है अमरीका में स्थित रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस में सात दशमलव तीन प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस के लिए इस एजेंसी ने त्रेमासिक ग्लोबल मैक्रो आउटलुक आज जारी किया इसमें कहा गया है कि अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों के मुकाबले भारत वैश्विक स्तर पर विनिर्माण वृद्धि के मामले में मंदी से कम प्रभावित हुआ है इसमें यह भी कहा गया है कि दो वर्षों के दौरान भारत की वृद्धि दर स्थिर गति से चलेगी मूडीज के अनुसार भारत के दो हजार उन्नीस बीस के अंतरिम बजट में किसानों के लिए प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रम और मध्यम वर्ग के लिए कर में राहत के उपयों की जो घोषणाएं की गई है उनसे सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी में शून्य दशमलव चार पांच प्रतिशत के आस पास वित्तीय बढोत्ती में योगदान हो सकेगा मूडीज का वृद्धि संबंधी अनुमान केलेंडर वर्ष पर आधारित है जबकि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि का आकलन अप्रैल से मार्च तक एक वित्तीय वर्ष के आधार पर करता है मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश चंद्र साहू ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान असम के सभी मतदान केंद्रो में मतदान पुष्टि पर्ची का इस्तेमाल किया जायेगा

आंध्रप्रदेश के विशाखापट्नम में चल रहे इकहत्तरवें सिनियर पुरुष राष्ट्रीय भोरोत्तोलन प्रतियोगिता में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन कोजूम ताबा ने गुरुवार को रजत और कास्य पदक जीता अरुणाचल भारोत्तोलन संघ के जनरल सेक्रेटेरी डेनियल तेली ने बताया कि एक सौ इक्यावन किलो भार और क्लीन एण्ड जार्क के एक सौ तिरासी किलो भार वर्ग में कोजूम ने संबद्ध मेंडलो को जीता